मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नमामि गंगे परियोजना अमृत योजना एवं स्मार्ट सिटी मिषन में कार्य की गति बढ़ाये जाने के दिये निर्देष चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री सिद्दार्थ नाथ सिंह ने कहा कि प्रदेष में संक्रामक रोगों की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है

गांधी जयंती पर किया जायेगा प्रषिक्षित दस कुम्हारो को एलेक्ट्रिक चाक का वितरण केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने तीन बार तलाक बोलकर वैवाहिक संबंध तोड़ने को दंडनीय अपराध बनाने के बारे में एक अध्यादेश के प्रारूप को मंजूरी दे दी है सूचना प्रौद्योगिकी और विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कल नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल अगस्त में अपने फैसले में तीन तलाक को गैर कानूनी और असंवैधानिक करार दिया था उन्होंने कहा कि लोकसभा ने तीन तलाक को गैर कानूनी बनाने संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी थी लेकिन यह राज्य सभा में पारित नहीं हो सका उन्होंने कहा कि सरकार ने इसे पारित कराने में विपक्ष को साथ लेने का प्रयास किया लेकिन कांग्रेस ने इसमें सहयोग नहीं किया बाइट तीन तलाक का मुद्दा न प्रजा का है न प्रार्थना का है न धर्म का है न इबादत का है ये मुद्दा है नारी न्याय नारी गरिमा नारी सम्मान ये अध्यादेश देश हित में लाया गया है ये अध्यादेश देश की नारी को इंसाफ के लिए लाया गया है मैं अपील करूगां कि वोट बैंक की चार दीवारी से ऊपर उठकर इंसानियत और इंसाफ के लिए समर्थन हो इस अध्यादेश के प्रारूप में वही प्रावधान हैं जो मुस्लिम महिला वैवाहिक अधिकार संरक्षण विधेयक में किये गये हैं राज्य सभा में विपक्ष ने मांग की थी कि विधेयक को जांच के लिए प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिए श्री प्रसाद ने बताया कि मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने देश में बांधों की मरम्मत और सुरक्षा के लिए सहायता राशि भी मंजूर की है

बाकी राज्य और केन्द्र मिलकर करेंगे और इसमें रिहैबिलिटेशन इन्ट्युशनल स्टेथरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये सारी बातें आएगी उन्होंने बताया कि आशा लाभ पैकेज अगले महीने से बढ़ाने को भी मंजूरी दी गई है भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने तीन तलाक पर अध्यादेश संबंधी कैबिनेट के फैसले को ऐतिहासिक बताया है एक बयान में श्री शाह ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों के लिए यह आत्म मंथन करने का समय है जिन्होंने अपने राजनीतिक फायदे के लिए मुस्लिम महिलाओं की पीड़ा को नजरअंदाज किया सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि भारत में नारी सशक्तिकरण के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नमामि गंगे परियोजना अमृत योजना तथा स्मार्ट सिटी मिशन में कार्य की गति बढ़ाए जाने के निर्देश दिए हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश जल निगम के अध्यक्ष एवं प्रमुख सचिव नगर विकास को नमामि गंगे परियोजना के कार्यों की साप्ताहिक तथा प्रबन्ध निदेशक जल निगम को दैनिक समीक्षा करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने परियोजना की गति बढ़ाने के लिए योग्य कुशल और परिणाम दे सकने वाले अधिकारियों को तैनात करने और उनकी जवाबदेही तय करते हुए कार्य की गति बढ़ाने के भी निर्देष दिये मुख्यमंत्री लखनऊ के शास्त्री भवन में नमामि गंगे परियोजना अमृत योजना तथा स्मार्ट सिटी मिशन परियोजनाओं के कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि आगामी एक अक्टूबर से प्रतिदिन दस हजार घरेलू सीवर कनेक्शन जोड़ने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रयाग कुम्भ दो हजार उन्नीस के मद्देनजर यह सुनिष्चित किया जाये कि आगामी पन्द्रह दिसम्बर के बाद कोई भी गंदा नाला अथवा औद्योगिक तरल और ठोस कचरा किसी भी दषा में गंगा और उसकी सहायक नदियों में न गिरे उन्होंने नगर निकायों में आकर्शक और आध्निक सुविधाओं से युक्त अटल गौरव पथ विकसित किये जाने के भी निर्देष दिये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में आकांक्षात्मक जनपदों के रूप में चिन्हित आठ जनपदों की प्रगति की समीक्षा की उन्होंने विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं के माध्यम से इन जनपदों के विकास के लिए प्रभावी ढंग से कार्य करने के निर्देष दिये प्रदेश के बहराइच बलरामपुर चन्दौली चित्रकृट फतेहपुर श्रावस्ती सिद्धार्थनगर तथा सोनभद्र जनपद इस योजना में शामिल किए गए हैं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देष दिये कि इन जनपदों के रूपान्तरण के लिए सभी निर्धारित मापदण्डों के तहत प्रभावी कार्यवाही की जाए जिससे इनमें सकारात्मक बदलाव दिखाई दे उन्होंने इन जनपदों के प्रभारी मंत्रियों और नोडल अधिकारियों से कहा कि वे अपने अपने जनपदों का दौरा करे और उसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव कार्यालय को भेजे उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारी स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित कर वहां कराये जा रहे कार्यो के विशय में जानकारी प्राप्त करे प्रदेष के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री सिद्वार्थनाथ सिंह ने कहा है कि मीडिया के विभिन्न माध्यमों द्वारा संक्रामक रोगों के सम्बंध में स्वास्थ्य विभाग तथा अन्य विभागों द्वारा किए जा रहे प्रयासो के कारण संक्रामक रोगों की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है उन्होंने बताया कि सभी जिलों में जनपद स्तर तक की टीमों को हाई एलर्ट कर दिया गया है ग्रामीण एवं षहरी क्षेत्रों में संक्रामक रोगों का एक्टिव सर्विलांस किया जा रहा है इसके साथ ही संक्रामक रोगों से हुई मौतो का डेथ आडिट भी नियमित रूप से कराया जा रहा है प्रदेष के खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री सत्यदेव पचौरी ने कहा है कि खादी का उत्पादन बढ़ाने के लिए कत्तिनों को सोलर चरखे दिए जायेंगे प्रथम चरण में चार सौ कत्तिनों में सोलर चरखे वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है इसके अलावा सोलर चरखे से बनने वाली खादी पर पच्चीस प्रतिषत की छूट पर भी विचार किया जा रहा है इस सम्बंध में जल्द ही निर्णय ले लिया जायेगा श्री पचौरी कल लखनऊ के उद्यान भवन के सभागार में खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के कार्यो की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने अधिकारियों को निर्देष दिया कि जिन कत्तिनों में सोलर चरखों का वितरण किया जाना है उनकी सुची तत्काल मुख्य कार्यपालक अधिकारी को उपलब्ध करा दिया जाय श्री पचौरी ने कहा कि गांधी जयंती के अवसर पर प्रषिक्षित दस कुम्हारो को एलेक्ट्रिक चॉक वितरित किए जायेंगे और आने वाले समय में प्रत्येक कुम्हार को टूल किट दी जायेगी कुम्हारो को मिट्टी खनन के पट्टे देने के साथ ही प्रषिक्षित करने का कार्य किया जायेगा प्रदेष के औद्योगिक विकास मंत्री सतीष महाना ने कहा है कि प्रदेष में प्राकृतिक संसाधन मानव श्रम और बड़ा बाजार उपलब्ध है प्रदेष में निवेष के इच्छ्क कोरियाई कम्पनियों को राज्य सरकार पूरी मदद करेगी दक्षिण कोरिया के राजदूत षिन बॉन्ग किल के नेतृत्व में बाईस सदस्यीय षिश्टमंडल से मुलाकात उन्होंने के दौरान यह बात कही श्री महाना ने दक्षिण कोरियाई उद्यमियों का आहवान किया है कि वे इलेक्ट्रानिक क्षेत्र में निवेष करे उन्होंने कोरियाई षिश्टमंडल को बताया कि निवेष के लिये राज्य सरकार उद्यमियों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करा रही है कृशि क्षेत्र खाद प्रसंस्करण सूचना प्रौद्योगिकी विद्युत उत्पादन सहित अर्नक क्षेत्रों में निवेष की भारी संभावना मौजूद है

अगले दो महीने में बुन्देलखंड एक्सप्रेस वे का काम षुरू हो जायेगा जेवर एयरपोर्ट को देष के सबसे बड़े कार्गो एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुप्रसिद्ध कवि और वरिश्ठ पत्रकार विश्णु खरे के निधन पर गहरा षोक प्रकट किया है कल जारी एक षोक संदेष में मुख्यमंत्री ने कहा है कि विश्णु खरे ने अपनी काव्य रचनाओं से साहित्य जगत को समृद्ध किया